मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विधानसभा में भी संसदीय प्रणाली के तर्ज पर बजट एवं अन्य विषयों पर चर्चा होनी चाहिए उन्होंने आज विधानसभा में दिए अपने बयान में कहा कि आवश्यकतानुसार विधानसभा में संसद की तर्ज पर कमेटी प्रणाली लागू की जानी चाहिए जिससे नये सदस्यों को भी अपने विचार रखने का मौका मिले साथ ही संबंधित विषयों पर कमेटी में विस्तृत चर्चा हो सके बाइट मुझे लगता है कि इस सदन के दलीय नेताओं की बैठक के माध्यम से उसकी एक कमेटी गठित करके मै आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे हमें पयास करना चाहिये आवश्यकता पड़े तो नियमों में संशोधन करके संसद के तज परसदन की कार्यवाही को भी व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया को हमें आगे बढ़ाना चाहिये

उन्होंने कहा कि विधायकों की सहमति से विभिन्न विभागों के विकास कार्यो के प्रस्ताव शामिल किये जायेंगे बाइट मैं चाहता हूं कि विधायक निधि के बारे में भी एक कमेटी बनाई जाये जो विधायकों की निधि को बढ़ाने के बारे में व्यापक चर्चा कर सके और विधायक निधि को किस हद तक हमें बढ़ाना है किन किन योजनाओं को इसके साथ मर्ज करना कि विधायक सम्मानजनक ढंग से अपना प्रस्ताव भी दे सके और उनके अनुरूप विभागीय कार्यो को सम्पादन विभिन्न विभागों के द्वारा भी किया जा सकें मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही वित्त एवं संसदीय कार्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति बनाये जाने का विधानसभा अध्यक्ष से अनुरोध किया इस समिति में दलीय नेता शामिल होंगे और यह समिति विधायक निधि से संबंधित नियमावली पर विचार करेगी इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने इस समिति के द्वारा ही विधायको और पूर्व विधायको के वेतन भत्ते से संबंधित सिफारिश सरकार को देने का प्रस्ताव किया है

उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्य प्रारम्भ कर दिया गया ह जिसमें केन्द्र सरकार सहयोग कर रही है उन्होंने सदन को बताया कि बुंदेलखण्ड और बिंध्य क्षेत्र से इस योजना को शुरु किया जा रहा है

विधान परिषद में आज लोक निर्माण मंत्री केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में शिक्षक दल समेत सभी विपक्षी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति का मुद्दा उठाया जिसका जवाब देते हुए श्री मौर्य ने कहा कि सड़कों को गढ्ढामुक्त करना हमारी प्राथमिकता है

उन्होंने बताया कि सभी जिलों में गुणवत्तापूर्ण सड़के बनाई जा रही है

बुन्देलखंड एक्सप्रेस वे चित्रकूट के भरतकूप से इटावा होकर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर कुदरैल के पास मिलेगा

प्रधानमंत्री कल चित्रकूट से ही देशभर के दस हजार किसान उत्पादक संगठनों का शुभारंभ करेंगे आज नई दिल्ली में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा कि ये किसान उत्पादक संगठन किसानों के जीवन में क्रान्तिकारी बदलाव लायगे श्री तोमर ने कहा कि पधानमंत्री इस अवसर पर विभिन्न राज्यों के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड भी सौंपेंगे

और विवरण हमारे संवाददाता से किसान क्रेडिट कार्ड से किसानों को छोटी अवधि के कर्ज हासिल करने में मदद मिलेगी जिला स्तरों पर भी बैंक प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड वितरित करेंगे सरकार कल चित्रकूट में प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के एक वर्ष प्ररा होने का समारोह भी आयोजित कर रही है जिसमें प्रधानमंत्री किसानों को सम्मानित करेंगे

ये एफपीओ छोटे सीमांत और भूमिहीन किसानों को तकनीकी मदद अच्छी गुणवत्ता के बीज उर्वरक और कीटनाशक मुहैया कराने के साथ ही उनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने में भी मदद करेंगे सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार चित्रकूट प्रधानमंत्री कल एक अन्य कार्यक्रम में शामिल होने प्रयागराज आयेंगे

प्रधानमंत्री यहां मौजूद चुनिंदा दिव्यांगजनों और वृद्धजनों से बातचीत भी करेंगे प्रधानमंत्री के कार्यक्रमों के मद्देनजर चित्रकूट और प्रयागराज में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं

मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय को शिक्षा और ज्ञान का वैश्विक केन्द्र बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में किसी भी तरह की कोइ अड़चन नहीं आन दी जायेगी

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि काशी हिन्दू विश्वविद्यालय पारम्परिक एवं प्राचीन ज्ञान के साथ साथ आध्निक शिक्षा संस्थान के रूप में स्थापित हो बैठक के दौरान कुलपति प्रोफेसर राकेश भटनागर ने ने विश्वविद्यालय में चल रही विकासात्मक गतिविधियों के बारे में श्री निशंक को जानकारी दी इससे पहले मानव संसाधन विकास मंत्री ने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय परिसर में स्थित आईआईटी में फेकल्टी अपार्टमेंट छात्रावास व्याख्यान संकुल परिशिष्ट का शिलान्यास किया

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लाभ तभी श्रेष्ठ प्रभावशाली होंगे जब वे दूरदराज के संस्थानों युवाओं महिलाओं और सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक पहुंचेंगे नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर आयोजित समारोह में राष्ट्रपति ने कहा कि लोगों को देश में वैज्ञानिक उपक्रमों की गुणवत्ता और प्रासंगिकता बढ़ाने के लिए प्रण लेना चाहिए राष्ट्रपति ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद से ही भारत में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है श्री कोविंद ने कहा कि विज्ञान पत्रिकाओं के प्रकाशनों की संख्या के मामले में चीन और अमरीका के बाद भारत तीसरे स्थान पर है इस वर्ष राष्टोय विज्ञान दिवस का मुख्य विषय है विज्ञान में महिलायें इस विषय पर राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं को विज्ञान के उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में विजिटर्स नोमिनी के रूप में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अत्यधिक बढ़ाया गया है राष्ट्रपति ने कहा कि महिलाओं के लिए उच्च अध्ययन तथा शिक्षकों के रूप में रोजगार के लिए अनुकूल माहौल बनाने के कदम उठाये गये हैं

उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने यूवा वैज्ञानिकों को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनायें शुरू की हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि सरकार देश में अनुसंधान और नवाचार के लिए बेहतर माहौल बनाने के अनेक प्रयास कर रही है श्री मोदी ने अपने संदेश में कहा कि यह भारतीय वैज्ञानिकों की प्रतिभा और अटल इरादों को नमन करने का अवसर है उन्होंने कहा कि उनके नूतन उत्साह और अग्रणी अनुसंधान से भारत और विश्व को मदद मिली है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है

प्रस्तावित नये पोर्टल पर सोशल मीडिया के उपयोग से जनता के साथ संवाद भी स्थापित किया जायेगा प्रस्तुतिकरण के दौरान अपर मुख्य सचिव सूचना अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि पोर्टल की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय के उच्चाधिकारियों द्वारा की जायेगी